इस रॉकेट ने सत्रह मिनट के अंदर एमीसैट उपग्रह को सात सौ चौवन किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया इस उपग्रह के अधिकांश उपकरण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने तैयार किए हैं यह उपग्रह देश की सुरक्षा से संबंधित जानकारियां जुटाने का कार्य करेगा प्रक्षेपण के लगभग डेढ़ घंटे बाद इसरॉकेट ने अट्टाईस छोटे विदेशी उपग्रहों को भी अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया उपराष्ट्रपति वेंकैया नायड ने पीएसएलवी सी पैंतालिस के सफल प्रक्षेपण के लिए अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बधाई दी है एक टवीट में उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में विज्ञान और प्रोदोगिकी के क्षेत्र में हासिल की गई सफलताओं से समुचे देश का आत्मविश्वास बढ़ा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंघान संगठन के प्रमुख डॉक्टर के सिवन ने आज के सफल प्रक्षेपण के लिए संगठन के वैज्ञानिकों और सहयोगी उघोगों को बधाई देते हये बताया कि पहली बार पीएसएलवी ने चार स्टॉप के साथ उड़ान भरी हैं साथ ही पीएसएलवी ने तीन मिशन को एक ही उड़ान में शामिल किया है उन्होंने कहा कि आज के प्रक्षेपण के लिए पहली बार दर्शक दीर्घा की व्यवस्था की गई जहां बारह सौ दर्शक मौजूद थे उन्होंने बताया कि साल के अंत तक तीस और मिशन पूरे किए जाएंगे लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार में तेजी आ रही है सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेता देशभर में चुनावी सभाएं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के वर्धा में रैली कर भाजपा शिवसेना गठबंधन के चुनाव प्रचारकी शुरूआत की श्री मोदी ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हए कहा कि महाराष्ट्र में इनका गठबंधन कभकर्ण की तरह है क्योंकि जब ये सत्ता में होते हैं तो बारी बारी से छह छह महीने सोते हैं श्री मोदी ने कहा कि विदर्भ में सुखा कांप्रेस की लापरवाही के कारण पड़ा उन्होंने कहा कि निचले वर्धा में सिंचाई परियोजनाओं का काम तेजी से किया जा रहा है उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने आज तेलंगानाके जहीराबाद में एक जनसभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लडाई विचारघारा को है उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजूट भारत के लिए खड़ी है श्री गांधी ने वायदा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वह देश के चहमुखी विकास के लिए कार्य करेगी पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में प्रचार सामग्रियों को हटाने के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत अब तक कुल इक्कतीस लाख तेरह हजार सात सौ इक्यानबे वॉल राइटिंग पोस्टर्स बैनर्स आदि सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से हटा दिये गये हैं या ढक दिये गये हैं

उन्होंने बताया कि आयकर नारकोटिक्स पुलिस तथा आबकारी विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही में अब तक क्ल एक सौ इक्कतीस करोड़ रुपये से अधिक नकदी और नशीले पदार्थ की जब्ती की गई है मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कानून व्यवस्था के तहत अब तक सात लाख चौवन हजार से अधिक लाइसेन्सी शस्त्र जमा कराये गये हैं तथा छः सौ एक लोगों के लाइसेन्स निरस्त किये गये हैं बहजन समाज पार्टी ने प्रदेश की छ और लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है पार्टी ने शाहजहांपुर सूरक्षित सीट से अमर चंद्र जौहर मिश्रिख सुरक्षित सीट से नीलू सत्यार्थी फर्रूखाबाद से मनोज अग्रवाल अकबरपुर से निशा सचान जालौन सुरक्षित सीट से पंकज सिंह और हमीरपुर लोकसमा सीट से दिलीप क्मार सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है उधर हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव सहित कई अन्य उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा है बैंक ऑफ बड़ौदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया है आज देना बैंक और विजया बैंक का इसमें विलय हुआ विधानसभा अध्यक्ष हदय नारायण दीक्षित ने आज अपने कार्यकाल के दो वर्ष पुरे होने पर विधानसभा में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश क्विनसभा अव्यक्ष के दो वर्ष नाम के पुस्तक का लोकार्पण किया इस पुस्तक में श्री दीक्षित के दो वर्ष के कार्यकाल का लेखाजोखा प्रस्तुत किया गया है कार्यक्रम को सम्बोधित करते हये विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने हमेशा यह कोशिश की है कि विधानसभा में बेहतर माहौल बने इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे गोरखपुर जिले के कम्पियरगंज क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार के पेड़ से टकरा जाने से उसमें सवार तीन युवकों की मौत हो गयी और एक गम्मीर रूप से घायल हो गया पुलिस सुत्रों ने बताया कि कैम्पियरगंज कर्मैनी मार्ग पर कल देर रात यह हादसा तब हुआ जब कार का चालक नियंत्रण खो बैठा जिससे कार एक पेड़ से टकरा गयी घायल युवक को इलाज के लिये लखनऊ रेफर कर दिया गया